नगर निगम धर्मशाला में कांग्रेस एक बार फिर काबिज और भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र का दो दिवसीय अभ्यास वर्ग शिमला के समीप बनूटी में शुरू मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मण्डी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय बगस्याड़ से आज अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नाम अर्जित करने वाले पुराने विद्यार्थियों के नाम स्कूल के सूचना पट पर अंकित किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन में उत्कृष्टता हासिल कर सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और हिमाचल साक्षरता दर में देशभर में दूसरे स्थान पर है

मुख्यमंत्री ने अपने स्कूल के पुराने दिनों को याद करते हुए विद्यार्थी जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना आरम्म की है जिसके तहत विद्यार्थी को एक लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई जाएगी मुख्यमंत्री ने अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती पर डाईट द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया और स्कूल के ऑनर बोर्ड पर अंकित किए गए विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया उन्होंने बगस्याड़ स्कूल भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बगस्याड थुनाग सड़क के सुधार व स्तरोन्यन कार्य का भूमि पूजन और शारण पंचायत में सुनस उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना का उदेश्य विद्यार्थियों को जीवन में नई ऊंचाईयां हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करना है उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले पुराने विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थान के विकास व सुदृढ़ीकरण में योगदान देना चाहिए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी इस मौके अपने विचार व्यक्त किए कार्यशाला कुरूक्षेत्र स्थित गुरूकुल में दो दिवसीय जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कार्यशाला आज शुरू हुई जिसमें हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति व कृषि वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं वैज्ञानिकों ने गुरूकुल का दौरा कर ये माना कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती मौजूदा समय की जरूरत है उन्होंने कहा कि रासायनिक व जैविक खेती ने किसानों को न केवल बर्बाद किया बल्कि पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचाई है जिसकी भरपाई सिर्फ जीरो बजट प्राकृतिक खेती से ही हो सकती है गुरूकुल फार्म में खड़ी फसलों की गुणवत्ता व पैदावार को देखकर सभी कृषि वैज्ञानिक बेहद प्रभावित हुए इस दौरान आर्चाय देवव्रत और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने अन्य वैज्ञानिकों में जीरो बजट को लेकर शंकाओं का निवारण किया बाद में पदमश्री सुभाष पालेकर ने सभी कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित किया रोहतांग भारी बारिश और बर्फबारी के चलते करीब दो सप्ताह से बंद चल रहे रोहतांग दर्रे को सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद आज से सैलानियों के लिये खोल दिया है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि दर्रा खुलते ही देश विदेश के सैलानी एक बार फिर रोहतांग दर्रे पर पहुंचकर बर्फ का लुत्फ उठा सकेंगे मनाली के एसडीएम रमण घरसंगी के अनुसार रोहतांग जाने के लिये परमिट होना जरूरी है और आज से ऑनलाईन बुकिंग के लिए साईट भी खोल दी गई है

इस बीच भुतंर स्थित बैली ब्रिज को भी खोल दिया गया है पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुल्लू व मनाली की तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही जीया बाईपास से होगी पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि किसानों को दिए जाने वाले बीजों की गृणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा चंबा ज़िले में सलूणी उपमंडल के तेलका में आयोजित एक किसान जागरूकता शिविर में आज उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने कृष्ठ कंपनियों को बीज सप्लाई करने को कहा है और अगर बीज की गुणवत्ता घटिया पाई गई तो किसानों को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित कंपनी से की जाएगी मारकंडा ने कहा कि चंबा में जल्द ही ज़िला स्तरीय किसान मेला अयोजित किया जाएगा जिसमें कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों से सीधा संवाद करेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि तेलका में जमीन उपलब्ध होने पर जल्द ही बीज केंद्र भी शुरू किया जाएगा नुकसान जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से सेब बागीचों को काफी नुकसान हुआ है

इस बीच बागवानों ने सरकार से नुकसान का जल्द आंकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है एमसी धर्मशाला नगर निगम धर्मशाला में एक बार फिर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अपना कब्जा कायम रखा है देवेंद्र जग्गी महापौर और ओंकार नैहरिया उपमहापौर चुने गए चुनाव प्रक्रिया शहरी विकास विभाग के निदेशक आरके पूर्थी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई देवेंद्र जग्गी को सर्वसम्मति से महापौर चुना गया जबकि उपमहापौर पद के लिए हुए चुनाव में ओंकार नैहरिया ने जीत हासिल की

इस बीच नवनिर्वाचित महापौर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि वे पहले भी सबको साथ लेकर चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे उन्होंने कहा कि निगम में लंबित कार्यों को गति प्रदान की जाएगी और शहर में स्वच्छता के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने इस जीत पर देवेंद्र जग्गी और ओंकार नैहरिया को बधाई दी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र का दो दिवसीय अभ्यास वर्ग आज शिमला के समीप बनूटी में शुरू हुआ

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत देश की सबसे बड़ी योजना है जिसका करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त महासचिव चंद्रमोहन ठाकूर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे अभ्यास वर्ग के दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी ज़िले में जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की ममाण बनांदर पंचायत में आज एक कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिमाचल गृहणी सुविधा योजना शुरू की गई है जिससे महिलाओं को मुफ्त गैस कनेकशन मुहैया करवाये जा रहे हैं महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र से करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाएं स्वीकृत करवाई गई हैं जिनमें बागवानी वर्षा जल संग्रहण और मशरूम परियोजना भी शामिल हैं

इस मौके सरवीण चौधरी ने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गोबिंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि जनमंच एक अनूठा कार्यक्रम है जो आम लोगों से सीधा संवाद करने का माध्यम बना है एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान उनके घरद्वार पर संभव हुआ है गोबिंद ठाकुर ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम को प्रदेश की जनता का आपार समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इसकी सफलता को दर्शाती है अनुराग लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में बरती जाने वाली पारदर्शिता और नियमितता से पिछड़ों व गरीबों को उनका हक मिल रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पूरी सत्यनिष्ठा व साफ नीयत से भविष्योन्मुखी व अनुकूल फैसले लिए हैं जिनसे एक नए भारत की नीव रखी जा रही है

कुफरी के वन परिक्षेत्राधिकारी हिमांशु ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों को वन्य प्राणियों व वनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और तीन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए चित्रलेखन व प्रश्नोत्तरी जैसे कार्यक्रम करवाए गए